प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके लगवाने का आग्रह किया

राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी

सक्रिय मामलों की संख्या सतासी हजार से अधिक हई और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप

बक्सर में सबसे अधिक तैंतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निशुल्क टीका लगवा सकते हैं बाईट कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल गई है इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आएं आप समी को मालूम भी होगा किभारत सरकार की तरफ से समी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन मेजी गई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली मई से देश में अठारह वर्ष से अधिक आय् के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी श्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी उन्होंने कहा कि केन्द्र का निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील करते हये कहा कि अधिक से अधिक लोगों को केन्द्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें श्री मोदी ने उन लोगों से आग्रह किया वैक्सीन लें सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें

दवाई भी कड़ाई भी इस मंत्र को कमी भी नहीं भूलना है हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में प्ररी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी प्ररी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही है आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्दर पांच सौ इक्यावन संयंत्र लगाने के लिए धन के आवंटन की सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है इन संयंत्रों में ऑक्सीजन बनायी जायेगी बिहार में पन्द्रह जिलों में पीएम केयर्स के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाये जायेंगे इन जिलों में पटना दरभंगा बेगूसराय भागलपुर भोजपुर गया गोपालगंज कटिहार मधुबनी मुजफ्फरपुर नालंदा पूर्णिया सहरसा पश्चिम चंपारण और वैशाली शामिल हैं प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि यह संयंत्र जल्द से जल्द चालू हो जानी चाहिए केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष तौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में नौ उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है केंद्र सरकार टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने पचास प्रतिशत कोटा से कोविड वैक्सीन की निःशुल्क खुराक देना जारी रखेगी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक फेसब्क पोस्ट में कहा कि शेष पचास फीसदी कोटा राज्यों को उनकी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता के साथ टीकाकरण में सहुलियत प्रदान करेगा एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप ग्लेरिया ने लोगों से कोविड टीका लेने की अपील करते हये कहा है कि यह टीका संक्रमण से बचाने के साथ साथ जान के जोखिम को कम करता है

पिछले चौबीस घंटे के दौरान तिरपन हजार तीन सौ ग्यारह लोगों को टीका लगाया गया है इनमें अड़तीस हजार एक सौ पांच लोगों को पहली डोज जबकि पन्द्रह हजार दो सौ छह लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक चौदह करोड़ नौ लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों में बारह हजार सात सौ पंचानवे नये संक्रमितों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले दिनों पटना जिले में सबसे अधिक एक हजार आठ सौ अड़तालीस नए संक्रमित मिले हैं इसके साथ ही गया में एक हजार तीन सौ चालीस सारण में सात सौ सात औरंगाबाद में छह सौ बयासी भागलप्र में छह सौ इक्यासी बेगूसराय में पांच सौ पच्चीस मुजफ्फरपुर में चार सौ बहत्तर और समस्तीपुर में चार सौ अड़तीस नये संक्रमित मिले हैं वहीं अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं इसी अवधि में सात हजार पांच सौ तैंतीस लोगों को उपचार के बाद छटटी दे दी गयी है अब तक तीन लाख चौदह हजार दो सौ छियासी लोग स्वस्थ हो चुके है स्वस्थ होने की दर घटकर सतहत्तर दशमलव आठ सात प्रतिशत हो गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़सठ लोगों की मौत हई है इनमें सबसे अधिक पटना के तेईस लोग शामिल हैं राज्य में कोविड से अब तक दो हजार एक सौ पचपन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या सतासी हजार एक सौ चौंवन है केंद्र सरकार ने बढते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण ग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण की श्रृंखला तोडने के लिए चौदह दिन की अवधि के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है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 सरकार ने राज्यों से महामारी पर नियंत्रण के लिए विशिष्ट जिलों शहरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए त्वरित और लक्षित कार्रवाई करने को कहा है सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में संक्रमण दस प्रतिशत से अधिक है या अस्पतालों में साठ प्रतिशत बिस्तर मरीजों से भरे हैं वहां कड़ी कार्रवाई की जाए संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र में चौदह दिन के लिए लोगों को आपस में मिलने जुलने पर पाबंदी रहेगी स्थानीय कंटेनमेंट में तीन सूत्रों पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें नियंत्रण नैदानिक प्रबंधन और सामुदायिक सहयोग शामिल हैं कोरोना संक्रमण से कल कई प्रमुख लोगों का निधन हो गया इनमें पदम भूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र और पूर्व विधायक जगन्नाथ राय का निधन हो गया है बिहार निवासी और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारी अरूण चौधरी का भी कोविड संक्रमण के कारण निधन हो गया वे सशस्त्र सीमा महानिदेशक रह चूके थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन लोगों के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है राज्य के सभी प्रखंडों में संविदा के आधार पर तीन महीने के लिए एक एक चिकित्सक की नियुक्ति की जायेगी राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि चिकित्सकों की बहाली वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर की जायेगी उन्होंने कहा कि आठ सौ पैंसठ नर्सों की बहाली की प्रक्रिया जारी है कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी को देखते हये राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन के भण्डारण के लिए बीस बीस किलो लीटर का टैंक बनाया जायेगा कोरोना संक्रमण को देखते हये राज्य के जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर अब आंख का स्कैन कर अनाज दिया जायेगा गौरतलब है कि इससे पहले अंगूठे का स्कैन कर अनाज का वितरण किया जा रहा था राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पछ्आ हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम दिशा से आने वाली गर्म हवा के कारण राज्य के तापमान में पिछले तीन दिनों से बढ़ोतरी हो रही है कल बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं

श्रम संसाधन मंत्री जीवेश क्मार ने बताया कि यह प्रमाण पत्र भवन निर्माण कार्य करने वाले सिलाई कटाई और मूर्ति बनाने वाले जैसे कामगारों को दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि अभी दस लाख लोगों को प्रमाण पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है पूर्व मध्य रेल पूणे से दानापुर के लिए सत्ताईस अप्रैल से और पूणे भागलपुर के बीच अट्ठाईस अप्रैल से अतिरिक्त स्पेशल रेलगाड़ी चलायी जायेगी मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश क्मार ने बताया कि इस ट्रेन के सभी डिब्बे आरक्षित होंगे इधर जोगबनी कटिहार रेलखंड पर आज से सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है पश्चिम चम्पारण जिले के मझौलिया प्रखंड के करमवा मठिया टोला में बिजली का कनेक्शन जोड़ रहे एक निजी लाईनमैन की करंट लगने से मौत हो गयी वहीं दूसरा लाईनमैन गम्भीर रूप से घायल हो गया समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक श्रभंकर ने कहा है कि जिले में ऑक्सीजन की कमी की अफवाह फैलाने वालों पर आपदा अधिनियम कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने जिले के विभिन्न थानों में लम्बे समय से पदस्थापित एक सौ तीस पूलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के ड्मरिया चौक के पास सशस्त्र अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मारकर डेढ़ लाख रूपये लूट लिये जमूई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के भरकहआ गांव प्रल के समीप से पुलिस ने देसी शराब के साथ दो लोगो को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्द्रस्तान की सुर्खी है ऑक्सीजन किट बाजार से गायब दैनिक जागरण लिखता है सभी जिलों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है पटना जिले में मिले अठारह सौ अड़तालीस कोरोना संक्रमित अब सोलह हजार चार सौ इक्कीस एक्टिव केस इनमें उनचास तक की उम्र के सतहत्तर प्रतिशत प्रभात खबर ने कोरोना संक्रमण आपदा के दौरान समानों की कालाबाजारी करने वालों पर लिखा है अभी तो मानवता दिखाइए फिर कभी कमाई कर लीजियेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर दैनिक आज की सुर्खी है देश में चलता रहेगा मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम और अब अंत में मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके लगवाने का आग्रह किया

राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी

सक्रिय मामलों की संख्या सतासी हजार से अधिक हई और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप

बक्सर में सबसे अधिक तैंतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हआ